प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने शिष्टमंडल स्तर की बार्ता की दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश तेल और गैस खनन परमाणु ऊर्जा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और ट्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा की उन्होंने हवाई और समुद्री संपर्क परिवहन ढांचा उच्च तकनीक बाहरी अंतरिक्ष और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा की इसके बाद तेरह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं

आज हमारे बीच डिफेंस न्यूक्लीयर एनर्जी स्पेस बिजनेस दू बिजनेस जैसे कई क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊचाईयों तक पहुंचाने के लिए सहमति बनी है प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है रूस भारत का एक अभिन्न मित्र और विश्वस्तरीय साझेदार है हमारी स्पेशल और प्रिवलेज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का विस्तार करने पर आपने व्यक्तिगत ध्यान दिया है आज की हमारी मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण है और उनका ऐतिहासिक महत्व भी है इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी रूस यात्रा से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नये रास्ते खुलेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन व्लादिवोस्तोक के पास ज्वेज़दा पोत निर्माण संयंत्र देखने गये इसके अलावा प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश के उन्चास शिक्षकों को सम्मानित किया इनमें बीस महिला शिक्षक भी शामिल हैं शिक्षक सम्मान कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि पहले यह पुरस्कार केवल सत्रह शिक्षकों को दिया जाता था इस बार इस संख्या को उन्चास तक पहुंचाया गया है उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होगी कि अगले वर्ष प्रदेश के प्रत्येक जिले के एक एक शिक्षक को सम्मानित किया जाए उन्होंने शिक्षा विभाग को इसके लिये अभी से तैयारी करने के लिये कहा अपने सम्बोधन में उन्होंने शिक्षकों को अपने दायित्व के प्रति सजग रहने की सलाह भी दी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देसिक शिक्षा विभाग की ओर से विकसित किये गये प्रेरणा मोबाइल ऐप को भी लॉच किया इस ऐप के जरिये शिक्षकों की उपस्थिति मिड डे मील सहित कई अन्य बिन्दुओं पर नजर रखी जा सकेगी इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रमार डॉक्टर सतीश द्विवेदी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे भारत के चन्द्रयान दो मिशन का लैंडर विक्रम सात सितंबर को चन्द्रमा पर उतरने के लिए तैयार है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लैंडर की दूसरी और अंतिम डी ऑर्विटल प्रक्रिया आज सवेरे पूरी कर ली इसरो के अनुसार यह प्रक्रिया आज तड़के तीन बजकर बयालिस मिनट पर शुरू हुई और नौ सैंकेड में पूरी हो गई इसके साथ ही विक्रम के चन्द्रमा की सतह की ओर उतरने के लिए जरूरी मार्ग मिल चुका है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली आगामी बारह सितम्बर से शुरू होगी तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में करीब साढ़े चार हजार महिला अम्यर्थी हिस्सा लेंगी इस सैन्य भर्ती के लिये मार्च से जून के बीच पंजीकरण हुए थे जिसमें ढाई लाख से अधिक अम्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के चार हजार चार सौ अट्ठावन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किये गये हैं सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ के निदेशक भर्ती कर्नल आशुतोष मेहता ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को अपनी निर्धारित तिथि एवं जिले के अनुरूप भर्ती रैली में उपस्थित होना होगा उन्होंने बताया कि भर्ती रैली के प्रथम चरण में बारह से चौदह सितम्बर तक अम्यर्थियों की शारीरिक माप शारीरिक फिटनेस परीक्षण एवं दस्तावेजों की जांच की जायेगी देश के छह हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों को इस महीने के आखिर तक वाईफाई सुविधा से जोड़ दिया जायेगा लोग अब इन स्टेशनों पर निशुल्क वाईफाई सुविधा का लाम उठाते हुए नेट सर्फिंग कर सकते हैं आकाशवाणी से बातचीत में रेल टेल के सीएमडी पुनीत चावला ने कहा कि अभी तक यह सुविधा चार हजार स्टेशनों पर ही है बलिया जिले में वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये मादी कला टूल किट्स वितरण योजना लागू कर दी गयी है इसके अन्तर्गत कृम्हार जाति के तेरह प्रशिक्षित और परम्परागत कारीगरों को माटी कला के पावरचलित चाक का निशुल्क वितरण किया जायेगा जिले के ग्रामोर्घोग अधिकारी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत दूल किट्स प्राप्त करने के लिये अट्ठारह से पचपन वर्ष तक के अम्यर्थी सोलह सितम्बर तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं